मास्क पहनें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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर आज कैच द रेन यानी वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्भारंभ करेंगे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना क्रियान्वित करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया जाएगा नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी इस परियोजना के तहत दौधन बांध के निर्माण और केन तथा बेतवा नदियों को जोडने वाली नहर के जरिये केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा

इस परियोजना से ब्रंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति की जा सकेगी इससे जल की कमी को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने की अन्य परियोजनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो सकेगा वर्षा जल संचय अभियान देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्टा करें

विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर चर्चा तय की है जैसे जैसे बंगाल चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है

चुनावी सभा में रामगढ़ विधायक सिल्ली के पूर्व विधायक समेत कई कांग्रेस के वरीय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए

स्वास्थ चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना है इसी उदेश्य के तहत विभाग की एक टीम ने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के प्राचार्य डॉक्टर जीएस बडाईक के नेतृत्व में निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार अस्पताल भवन को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाना है इसमें बहत सारी कमियां हैं जिसे पूरा करने के लिए टीम द्वारा सरकार को अवगत कराया जाएगा

लोहरदगा जिला के उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा रहा है स्वयं सहायता समूह बना कर महिलाएं दरी कालीन बना रही है

यात्रा के दौरान कोविड से संबंधित सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा

पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है

वहीं अब ब्लड बैंक स्थापित करने को लेकर कवायद शुरू हो गई है उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन के पास पर्याप्त फंड है रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा ब्लड बैंक के लिए जो भी अहर्ता होगी उसे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जल्दी से एनओसी लेते हुए पूरा करेगा

पिछले चौबीस घंटे में तिरासी नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं रांची जिले में एक मरीज की मौत हुई है

स्वास्थ विभाग के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख इक्कीस हजार दो सौ इकसठ हो गई है इनमें सात सौ छपन्न सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख उन्नीस हजार चार सौ नौ मरीज ठीक हो चुके हैं अब तक राज्य में एक हजार छियानबे मरीज की मौत कोरोना से हई है वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव चार सात प्रतिशत है झारखंड में कोरोना टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए शुरू किये गये अभियान में सफलता मिल रही है इस क्रम में बुजुर्गों बीमारों और सरकारी कर्मियों ने कोरोना का टीकाकरण कराया अभियान के दूसरे दिन एक लाख तैंतालीस हजार पांच सौ पचहत्तर लोगों को पहली डोज का टीका लगा वहीं तीन हजार सात सौ इकहत्तर लोगों को टीका का दूसरा डोज दिया गया पहले दिन की तर्ज पर दूसरे दिन भी टीका लेने में बुजुर्ग सबसे आगे रहे कल एक दिन में कुल एक लाख चौदह हजार पांच सौ चौंतीस बुजुगों ने टीके की पहली डोज ली गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में कोरोना टीकाकरण का अभियान चलाया गया और चार सौ अनठावन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगायी गयी

बोआरीजोर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन वाहन जांच कर चेक नाका पर लोगों को मास्क और हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई

इतने कम समय में सबसे तेज गति से यह उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में भारत एक है

रेलवे क्लब में आयोजित सम्मान समारोह से पहले सेफ्टी सेमिनार का भी आयोजन हुआ डीआरएम आशीष बंसल ने सुरक्षित रेल परिचालन के लिए कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित किया इस दौरान सुरक्षा से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी कर्मचारियों को दी गई कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा देने में जिन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया उनमें एमटीएस मनोज कुमार धनबाद के स्टेशन मैनेजर रत्नेश कुमार समेत अन्य शामिल थे

जिला शिक्षा अधीक्षक महमूद आलम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षकों की सूची विभाग द्वारा जारी कर दी गई है खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के लोवाडीह गोवा रोड पर पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई पुलिस ने एक नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया जबकि सब जोनल कमांडर लाका पाहन अपने सदस्यों के साथ भागने में सफल रहा पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पीएलएफआई का जोनल कमांडर लाका पाहन अपने दस्ते के साथ लेवी वसूलने के लिए बुरजू आया हुआ इस गुप्त सूचना पर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में टीम ने बुरजु इलाके की घेराबंदी की थी उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली से मिली जानकारियों के आधार पर इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है रांची मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है खेलगांव में पांच दिवसीय प्रतियोगिता में तिरासी गोल्ड मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा होगी ट्र्नामेंट में देशभर से आठ सौ पचास खिलाड़ी भाग ले रहे हैं

इधर बीसवीं राज्य ताइक्वांडो क्युरुगी तथा दसवीं राज्य ताइक्वांडो पूमसे प्रतियोगिता में रांची जिला की टीम पूमसे में राज्य चौंपियन बनी

इसमें दूसरा स्थान धनबाद तथा तीसरा स्थान चक्रधरपुर को मिला इस प्रतियोगिता का आयोजन लोहरदगा के टाउन हॉल में झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन तथा लोहरदगा जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से किया रांची की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच स्वर्ण चार रजत पदक प्राप्त किया पाक्ड में आयोजित सीनियर राज्य कबड्डी प्रतियोगिता में रॉची की टीम चैंपियन बनी वहीं लुधियाना में आयोजित जूनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में झारखंड के बॉडी बिल्डर कृष्णा चौधरी ने साठ किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया अखबारों की सुर्खियां महाराष्ट्र में परमबीर के पत्र के बाद सियासी पारा चढ़ा दिल्ली में एनसीपी की आपात बैठक शीर्ष नेता शरद पवार समेत कई नेता हुए शामिल दैनिक अखबार प्रभात खबर ने इससे जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है

दैनिक जागरण की सुर्खी है अनिल देशमुख पर लटकी तलवार भाजपा ने गृहमंत्री को हटाने के लिए बढ़ाया दबाव राकांपा ने कहा देशमुख नहीं देंगे इस्तीफा रांची समेत झारखंड में तिग्ना बढ़ी कोरोना मरीज मिलने की रफ्तार दैनिक हिन्दुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है रांची एक्सप्रेस ने खूंटी में पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ और हथियार के साथ एक उग्रवादी की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित द टाईम्स ऑफ इंडिया ने हजारीबाग के बहोरनपुर में पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिली भगवान बुद्द की दो दुलर्भ मूर्तियों की चोरी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है